आज टोंक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब तक आतंकवादियों के कारखाने को निष्प्रभावी नहीं किया जाता देश में शांति नहीं हो सकती उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया में एक व्यापक दृष्टिकोण बनाया गया है और हमारा देश हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है

प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले के मद्देनजर कश्मीरियों को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है कश्मीरियों के खिलाफ नहीं उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण कश्मीरियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और बाकी देश को उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर राजस्थान में किसानों का दस दिन में कर्ज माफ करने के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका किसानों के साथ विश्वासघात करने का तरीका खुलकर सामने आ गया है उन्होंने कहा कि सरकार को अब तक किए गए किसानों के कर्जमाफी के आंकड़े बताने चाहिए उन्होंने केन्द्र की पिछली कांग्रेस नीत और मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि आने वाले समय में साढे सात लाख करोड़ रूपए सीधा किसान के बैंक खातों में जमा होर्न वाले हैं

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख बढी है और अंतरराष्ट्रीय रैकिंग में इसने लंबी छलांग लगायी है

कमान द्वारा आतंकियों को मार गिराने वाले जांबाज सैनिकों और अधिकारियों का आज सम्मान किया गया

सेना के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल चैरिश मैथसन थे

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले धमकी और सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं

इसे लेकर सभी पंचायत मुख्यालयों पर कल शिविर लगाए जाएंगे

इस योजना के लिए लघु सीमांत कृषक पोर्टल बनाया गया है काश्तकार ई मित्र पर जाकर इस पोर्टल पर प्रविष्टि करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं

विदेश मंत्रालय और डाक विभाग की ओर से शुरू किये गये इस केन्द्र का लाभ लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा

संभाग स्तरीय आरोग्य मेला चार दिन चलेगा इसमें आयूर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी और योग के माध्यम से मुफत इलाज किया जाएगा जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने मेले का उद्घाटन किया

कोई किसान पानी चोरी करता पाया जाता है तो उसके उपकरण जब्त कर चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा

चीन की रूओजू झाओ ने रजत और हांग जू ने कांस्य पदक जीता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपूर्वी चंदेला को आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कंप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि अपूर्वी की स्वर्णिम उपलब्धि से देश प्रदेश का नाम रोशन हुआ है उनकी इस कामयाबी से युवा खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी

विशेषज्ञों की सहायता से गैस के रिसाव को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं

जयपूर में आज से राज्यस्तरीय सिविल सेवा सी एस चैलेंजर कप लॉन टेनिस प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय सिविल सेवा सी एस चैलेंजर कम बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई